राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष दो हजार अट्ठारह के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वोट बैंक की राजनीति हमारे देश को दीमक की तरह चाट रही है और इससे होने वाले नुकसान से देश को बचाना भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के भोपाल में जम्बूरी मैदान से भाजपा कार्यकर्ताओं के महाकुंम को संबोधित करते हुए प्रघानमंत्री ने यह बात कही हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति ने समाज को दीमक की तरह तबाह कर दिया है और इसलिए आजादी के सत्तर साल में जो बर्बादी आई उससे अगर देश को बचाना है तो हमारे सामने वोट बैंक की राजनीति की दीमक से देश को मुक्त कराना ये भारतीय जनता पार्टी की विशेष जिम्मेवारी है श्री मोदी ने कहा कि योट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देने वालों को देश के विकास की परवाह नहीं है और इसी कारण देश तेज गति से प्रगति नहीं कर पाया प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं है बल्कि यह हमारा पथ प्रदर्शक सिद्वांत है हम वो लोग हैं जिन्हें गांधी भी मंजूर है लोहिया भी मंजूर है और दीनदयाल भी मंजूर है क्योंकि हम समन्वय में विश्वास करते हैं हम सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं सबका साथ सबका विकास ये सिर्फ चुनावी नारा नहीं है उज्वल भारत के भविष्य के लिए कोटि कोटि भारतीयों की आशा आकांकाओं की पूर्ति के लिए सोच समझ करके चुना हुआ ये हमारा मार्ग है श्री मोदी ने स्पष्ट किया कि पार्टी की एकात्म मानववाद की सोच इसकी पहचान है और यही उसे दुनिया की अन्य पार्टियों से अलग करती है तीन तलाक के मूरे पर विपक्ष की आलोचना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक महिला को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए चाहे वह किसी भी धर्म की क्यों न हो इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष अभित शाह ने कहा कि भाजपा की प्राथमिकता देश की सुरक्षा है और यही वजह है कि असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के जरिए चालिस लाख घ्सपैठियों की पहचान की गई है इससे पहले प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को कल उनकी जयंती पर श्रद्वांजलि अर्पित की हैं दीनदयाल उपाध्याय का जन्म उन्नीस सौ सोलह को मथुरा में हुआ था एक उत्कृष्ट संगठनकर्ता और निष्ठावान नेता के रूप में वे भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक और प्रेरणास्रोत रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह में देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली और विश्व चौंपियन महिला भारोत्तोलक मीराबाई चानू को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कृत किया गया इसके अन्तर्गत पदक और प्रशस्ति पत्र के अलावा प्रत्येक खिलाड़ी को साढ़े सात लाख रूपये नकद धनराशि दी जाती है

राष्ट्रपति ने इनके अलावा आठ प्ररिक्षकों को प्रोणाचार्य तथा चार खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी और तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार भी प्रदान किये एशियाई खेलों के चलते राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह को इस बार उसके नियमित दिन उन्तीस अगस्त से आगे बढ़ाकर पच्चीस सितम्बर को आयोजित किया गया समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया है लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर कॉल करके हिन्दी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं रिकॉर्ड किए गए क्छ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा इस महीने की छबीस तारीख तक फोन लाइनें खुली रहेगी प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव देने के लिए श्रोता एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और एसएमएस से प्राप्त लिंक पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं प्रदेश सरकार ने किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के भूगतान के लिए पांव हजार पांव सौ पैंतीस करोड़ रूपये का आवंटन कर दिया है इस धनराशि से चीनी मिलों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जायेगी कल लखनऊ में कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गन्ना किसानों के सभी देयों का भूगतान इस वर्ष नवम्बर माह तक कर दिया जायेगा गत पेराई सत्र के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु सभी चीनी मिलों को साढ़े चार रूपये प्रति कृत्तल की दर से पांच सी करोड़ रूपये का अनुदान दिया जायेगा पेराई संत्र दो हजार सोलह सत्रह और सत्रह अट्ठारह के बकाया गन्ना भुगतान के लिए निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को चार हजार करोड़ रूपये का साफ्ट लोन विभिन्न बैंकों के माव्यम से उपलब्ध कराया जायेगा सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को बकाया गन्ना मूल्य भूगतान के लिए एक हजार दस करोड़ रूपये की ऋण सहायता प्रदान की गई है बैठक के दौरान अन्य महत्वपूर्ण फैसलों के साथ प्रतापगढ़ में कुंडा विधानसभा क्षेत्र में गंगा सेतु करैती घाट पहुंच मार्ग के लिए दो सौ अड़तालीस करोड़ नवासी लाख रूपये की धनराशि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है इलाहाबाद में अगले वर्ष लगने वाले कुंम मेले में अस्थायी विद्युतीकरण और अनक्रत विद्युत आपूर्ति के लिए दो सौ छब्बीस करोड़ पंचानवे लाख रूपये की धनराशि अनुमोदित की गई है वित्त मंत्री वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ड्बा हुआ कर्ज कम हो रहा है क्योंकि कर्जदार से कर्जों की वसुली में तेजी आई है कल नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों की वार्षिक समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि दिवाला और ऋण शोघन अक्षमता कानून लागू किए जाने की आशंका को देखते हुए कर्जदार खद ही बैंकों की देनदारी का भुगतान कर रहे हैं उन्होंने कहा कि कई त्रैमासिक सत्रों के बाद पिछली तिमाही में बैंकों को शुद्द मुनाफा हुआ विजया बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा और देना बैंक के विलय को लेकर बैंक कर्मचारी संघों की आशंकाओं के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में वित्तमंत्री ने कहा कि यह विलय कर्मचारियों के हित में है दीनदयाल जयंती एकात्म मानव वाद और अन्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयन्ती के अवसर पर कल उन्हें याद कर के श्रद्वाजलि अर्पित की गई प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर मात्यार्ण कर श्रद्वाजल अर्पित की राज्यपाल श्री नाईक ने अपने संदेश में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपना पूरा जीवन देश की निस्वार्थ सेवा में लगा दिया राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही आगरा के डॉक्टर बीआरअम्बेडकर विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया इस अवसर पर जन समूह को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन हम सबको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि विचार कमी मरता नहीं है

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रतिवर्ष पच्चीस सितंबर को अन्त्योदय दिवस का आयोजन किया जाता है निधन जाने माने कमेंटेटर और रेडियो समाचार एंकर जसदेव सिंह का कल सुबह नई दिल्ली में निधन हो गया वे सत्तासी साल के थे और लम्बे समय से अल्जाइमर बीमारी से पीडित थे उनका जन्म अट्ठाह मई उन्नीस सौ इक्कतीस को राजस्थान के सवाई माघोपुर जिले में बोनली गांव में हुआ था उन्होंने उन्नीस सौ पचपन में आकाशवाणी जयपुर में उद्घोषक के रूप में अपने व्यावसायिक जीवन की शुरूआत की वे आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश के पहले समाचार वाचक थे